किसानों के खातों में डाली जायेगी दो दो हजार रुपये की पहली किश्त

तीन घण्टे में मिलेगी रिपोर्ट किसान सम्मान निधि फ्लेगशिप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ करेंगे श्री मोदी इस अवसर पर एक बटन दबाकर चयनित किसानों के खाते में दो दो हजार रूपए की पहली किश्त अंतरित करेंगे वे इस अवसर पर भारतीय उर्वरक निगम के परिसर में आयोजित समारोह में योजना के तहत चयनित किसानों को प्रमाणपत्र भी प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से योजना के कई लाभार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना की घोषणा इस महीने पेश किये गये अंतरिम बजट में की गई थी

यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे बैंक खाते में डाली जाएगी इस योजना का उद्देश्य छोटे किसानों की आय बढाना है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पूरी राशि केंद्र सरकार ही उपलब्ध करायेगी

गोरखपूर में कल पार्टी के किसान मोर्चा के दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई वर्षों से लंबित सिंचाई परियोजनाएं को प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पूरा किया गया है श्री शाह ने पहले की सरकारों पर किसानों को केवल वोट बैंक समझने का आरोप लगाया मोदी कुम्भ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज प्रयागराज के कुम्भ नगर में स्वच्छता अभियान में लगे कार्यकर्ताओं और स्वंयसेवकों को सम्मानित करेंगे क्म्भ मेले के दौरान निरंतर सफाई व्यवस्था में जुटे कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करने के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ कुम्भ स्वच्छ आभार कार्यक्रम का आयोजन किया है प्रधानमंत्री इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित है इस अवसर पर वे जनसभा को संबोधित करेंगे श्री मोदी गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में कुम्भ स्नान करेंगे और साढ़े चार सौ वर्ष के अंतराल के बाद आम लोगों के लिए खोले गए अक्षयवट का भी दर्शन करेंगे

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जायेगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह सीधे प्रसारित होगा

आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरन्त बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर स्थानीय कृषि अनुसंधान केन्द्र पर मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे इस दौरान मुरैना सांसद अनूप मिश्रा भी मौजूद रहेंगे यहां रेडियो के जरिए मन की बात कार्यक्रम को सुना जायेगा पत्रकारिता विवि भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी नए क्लपति होंगे विश्वविद्यालय की महापरिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्री तिवारी को कुलपति नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है श्री तिवारी ने सागर के डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से स्नातंक किया है वे पिछले ढाई दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं उन्होंने अपना पत्रकारीय जीवन ऑल इंडिया रेडियो से शुरू करके प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया सहित विभिन्न समाचार समाचार पत्रों में कार्य किया है

अच्छा पुलिस अधिकारी अच्छा न्यायदाता भी होता है मुख्यमंत्री कल भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक उप पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था के माध्यम से सबसे गरीब और कमजोर वर्गो की सुरक्षा होनी चाहिए उन्होंने कहा कि अन्य संस्थाओं के साथ पुलिस संस्था की गरिमा बनी रहना चाहिए क्योंकि यह गरिमा संविधान से मिलती हैं संविधान को शक्ति प्रजातंत्र से मिलती है मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध का परिदृश्य टेक्नोलॉजी के परिवर्तन के साथ ही बदल रहा है पुलिस अधिकारियों को भी इस परिवर्तन के साथ चलना होगा उन्होंने कहा कि अपेक्षित परिणामों के लिए पुलिस को एक टीम के रूप में काम करना होगा खनिज संपदा भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय के सहयोग से मध्यप्रदेश में खनिज संपदा के अपार भंडार की जानकारी मिली है

इससे प्रदेश को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी

इसी प्रकार बैतूल जिले के भुआदी क्षेत्र में जिंक लेगर बैतूल जिले के ही टीकारी गोढ़ाना एवं चिकलार क्षेत्र में ग्रेफाइट खनिज भंडार और सिंगरौली जिले के गुडपहाड़ क्षेत्र में स्वर्णधारित चट्टान के भण्डार का पता लगाया गया है स्वास्थ्य मंत्री स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए कल इंदौर में स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने स्वास्थ्य अधिकारियों और निजी अस्पताल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की इस दौरान मरीजों की जांच रिपोर्ट देर से मिलने को लेकर निर्णय लिया गया कि इंदौर की सेंट्रल लैब में भी सैंपल भेजा जाएगा जहां तीन घंटे में ही रिपोर्ट मिल जाएगी रिपोर्ट निगेटिव आने पर अन्य वायरस की भी जांच की जाएगी विजयलक्ष्मी चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधौ आज खरगोन और मण्डलेश्वर में तथा कल धार में आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश निरामयम के जिला स्तरीय आयुष्मान भारत शिविर का शुभारंभ करेंगी डॉ साधो कल धार में जय किसान फसल ऋण माफी योजना में किसान ऋण माफी पत्र और किसान सम्मान ताम्र पत्र वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगी

संत रविदास खंडवा अहिरवार समाज संघ के तत्वावधान में आयोजित संत शिरोमणि गुरु रविदास की जिला स्तरीय जयंती समारोह आज पुनासा तहसील के मुंदी नगर मे श्रद्दा और उल्लास के साथ मनाई जायेगी शोभायात्रा माता चौक से शुरु होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में आकर मंच का कार्यक्रम संपन्न होगा समाज के अध्यक्ष सखाराम निमोले ने बताया की कार्यक्रम में जिले के अलावा दूर दूर से खरगोनइन्दौर बड़वानी हरदा और अन्य शहरो गांवो से समाजजन आयेंगे इसी दिन गुरु की आरती पूजा तथा शोभायात्रा और भंडारे का आयोजन भी किया जवेगा